कृषि राज्य मंत्री पुरूषोतम रूपाला ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की कल इस बारे में बैठक हुई थी जिसमें बताया गया कि सभी राज्यों के कृषि मंत्री अपने यहां किसान सम्मान निधि योजना लागू करने को तैयार हैं सभी राज्यों ने अपने यहां के किसानों के आंकडे भेजने की बात कही है

श्री धारीवाल ने बताया की मुआवजे के लिए केवल एक व्यक्ति ने आवेदन किया जिसे मुआवजा दे दिया गया है

आज विधानसभा मे एक तारांकित प्रश्न के जवाब में श्री खाचरियावास ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मार्गों का सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के बाद सरकार वित्तीय स्थिति देखते हुए बसें शुरू करेगी विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री खाचरियावास ने बताया कि ग्रामीण बस परिवहन की तर्ज पर सरकार गावों को शहरों से जोडने की दिशा में प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि इसके लिये निजी बसो को परमिट भी दिए जाएंगे और जहां सम्भव होगा वहां रोडवेज बस चलाई जाएगी

आज विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए श्री भाया ने कहा कि आम व्यक्ति बजरी की किल्लत से परेषान न हो इसके लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं

आज विधानसभा में एक तारांकित प्रष्न के जवाब में श्री कल्ला ने कहा कि समिति की अब तक दो बैठक हो चुकी है श्री यादव के इस पूरक सवाल पर कि संविदाकर्मियों को नियमित किया जायेगा अथवा नहीं श्री कल्ला ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता गुणावगुण के आधार पर इसका फैसला किया जायेगा

संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी

सवाई माधोपूर में आज अभियान के केन्द्रीय नोडल अधिकारी अरविंद नौटियाल की अध्यक्षता और जिला कलेक्टर की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया बैठक में श्री नौटियाल ने जिले में जल शक्ति अभियान की रूपरेखा और इस पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की

गौरतलब है कि केन्द्रीय दल जिले में दो दिन के दौरे पर है दल के सदस्य कल जल शक्ति अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन और निरीक्षण करेंगे उधर झुंझुनू में जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी और भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित वर्धन ने झूंझनू में जलशक्ति अभियान के तहत सघन पौधारोपण अभियान का निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि जिले में पांच लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और मुख्य मार्गो पर छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे करौली में जल शक्ति अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला में जयपुर से गई केन्द्रीय टीम ने योजना के तहत जल स्रोतों का चयन करने और उन्हें संरक्षित करने के निर्देश दिए

जयपुर में भी छापे की कार्रवाई की गई है सीबीआई एक हफ्ते में यह दूसरी बार सघन अभियान चला रही है ऐसा ही अभियान पिछले मंगलवार को बैंकिंग धोखाधडी के आरोपियों के खिलाफ चलाया गया था

इसके लिए नौंवी और दसवीं कक्षा में पढने वाले चयनित विद्यार्थियों को पुलिस कैडेट का प्रशिक्षण दिया जाएगा

जिसे आज अस्पताल में भर्ती करवाया गया